एक दिन में एक सौ चौहत्तर लोगों की मौत

ये राशि कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज पर खर्च की जायेगी

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आज जबाव देने का निर्देश दिया है साथ ही न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार इस संबंध में कोई फैसला नहीं करती है तो उसे स्वयं कोई निर्णय करना होगा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि न तो अभी तक कोई एडवाईजरी कमिटी बनी है और न ही वार रूम ऐसा लग रहा है पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है न्यायालय ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जतायी कि प्रतिदिन एक सौ चौरानवे मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा होने के बावजूद सरकार मात्र एक सौ साठ मीट्रिक टन ऑक्सीजन का ही उठाव कर पा रही है मामले की आज भी सुनवाई जारी रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश क्मार कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज एकबार फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट के कड़े रूख के बाद उम्मीद जतायी जा रही है कि आज की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है इससे पूर्व कल भी मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की इसमें उन्होंने अधिकारियों से कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया श्री कुमार ने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया श्री कुमार ने लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाये जाने की आवश्यकता भी जतायी प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह हजार चार सौ सात नए मामलों की पुष्टि हुई है इस अवधि में बहत्तर हजार छह सौ अठावन कोविड नमूनों की जांच की गई संक्रमण की दर लगभग सोलह प्रतिशत हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो हजार अठाईस मामले सामने आए हैं ये नए मामलों का लगभग अठारह प्रतिशत है इसके अलावा वैशाली से एक हजार पैंतीस गया से छह सौ बासठ मुजफ्फरपुर से छह सौ तिरपन पश्चिम चंपारण से पांच सौ उनचास और बेगूसराय से पांच सौ दस मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रिकॉर्ड तेरह हजार छह सौ तीन मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठहत्तर दशमलव दो नौ प्रतिशत हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ चौहत्तर मरीजों की मौत की खबर है सबसे अधिक बयालीस लोगों की मौत पटना में हुई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख सात हजार छह सौ सड़सठ है जिसमें सबसे अधिक पटना से सत्रह हजार दो सौ चौबीस मामले हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि बिहार सहित दस राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए इन राज्यों को एहतियाती उपाय करने चाहिए नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अधिक कोविड मरीजों वाले राज्यों में गंभीर प्रयास की आवश्कता है

यहां ये जरूरी है कि जहां पर एक्टिव केसल ज्यादा है यहां पर हमारा इंटोसिय एक्ट्स स्ना खे और जहां केसल कमहै वहां पर भी टम किसी तरह की कोताई न करे नही तो ये सिम्मुएशन हो सकती है फिर यहां पर भी केसज फैलने लगे जैसा कि हमने इस सेकेट वेय में देखा है संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है

दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन का स्तर कम होने और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण होने पर ही अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स का दुरूपयोग किया जा रहा है

माइल्ड अगर आपकोइंडेक्शन है माइल्ड कोविंड है तो सिटी से कोई फायदा नहीं है सिटी में कुछ पैचेज आएगे

प्रदेश में अब तक चौहत्तर लाख अठारह हजार नौ सौ इक्यासी लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल एक लाख सोलह हजार आठ सौ पांच लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से बावन हजार नौ सौ बयालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तिरसठ हजार आठ सौ तिरसठ लोगों को दूसरी डोज दी गई इधर देश में अब तक पन्द्रह करोड़ अठासी लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद की राशि कोरोना संक्रमण की जांच और कोरोना मरीजों के इलाज पर खर्च की जायेगी इसके लिए प्रति विधायक और विधान पार्षद दो दो करोड़ रूपये की राशि स्वास्थ्य विभाग में गठित कोरोना उन्मूलन कोष में जमा की जायेगी योजना और विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधान मंडल के सदस्य यदि दो करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा करना चाहें तो उसकी अनुशंसा कर सकते हैं सरकार के इस फैसले के बाद लगभग छह सौ छत्तीस करोड़ रूपये उपलब्ध होंगे ये कटौती सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष के लिए की गयी है राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों आईसोलेशन सेंटर और क्वारेंटीन सेंटर पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला किया है पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो उसके विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी कोरोना की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थानों को मई महीने में होने वाली ऑफलाईन परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया है ऐसे संस्थानों में सभी आईटीआई एनआईटी ट्रिपल आईटी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं कोरोना से मरने वाले सभी सरकारी कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस पेंशन योजना के तहत ऐसे कर्मचारी आयेंगे जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान संक्रमित हुए हैं जाने माने एयरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का देर रात हृदयगति रूकने से दरभंगा में निधन हो गया वे लगभग अठहत्तर वर्ष के थे मानस बिहारी वर्मा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस परियोजना से जुड़े हुए थे साथ ही उन्होंने डीआरडीओ की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था उनकी पहचान पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम के अनन्य सहयोगी और मित्रों में थी वर्ष दो हजार अठारह में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वे दरभंगा जिले के बौर गांव के रहने वाले थे उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मानस बिहारी वर्मा का योगदान हमेशा याद किया जायेगा बिहार रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी रेरा के नये अध्यक्ष नवीन वर्मा होंगे वे निवर्तमान अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल तेरह मई को समाप्त हो रहा है उनकी नियुक्ति अगले पांच साल या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की गयी है वहीं सरकार ने नुपूर बनर्जी को रेरा का सदस्य नामित किया है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि सात मई तक राज्य में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई हैं

दैनिक भास्कर ने पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है सरकार आज बताये कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं वरना हम लेंगे फैसला दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है केन्द्र बताये दूरस्थ इलाकों और गांव में वैक्सीन पहुंचाने की क्या व्यवस्था है हिन्दुस्तान की सुर्खी है देश में संक्रमितों की संख्या दो करोड़ के पार प्रभात खबर ने लिखा है विधायक फंड के छह सौ छत्तीस करोड़ रूपये कोरोना से जंग पर होंगे खर्च राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कुछ राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में स्थिरता के संकेत दैनिक आज ने लिखा है तख्तश्री हरिमंदिर साहेब और गुरू बाल लीला गुरूद्वारों को बम से उड़ाने की धमकी पचास करोड़ की फिरौती मांगी

एक दिन में एक सौ चौहत्तर लोगों की मौत

ये राशि कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज पर खर्च की जायेगी